राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक मतदान कर नया इतिहास रचे एस रविन्द्र भट्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने आखातीज के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिये प्रशासन ने कमर कसी बीकानेर का तीन दिवसीय स्थापना दिवस आज पतंग उत्सव के साथ सम्पन्न

इसके लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है इस चरण में गंगानगर बीकानेर चूरू झुंझुंन सीकर जयपुर ग्रामीण जयपुर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जाएगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिकाधिक मतदान कर एक नया इतिहास रचे

मतदान वाले सभी जिलों में कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है इस बीच कल के मतदान वाले संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने आज घर घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क किया और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की

जम्मू कश्मीर में लद्दाख सीट तथा अनंतनाग सीट के पुलवामा और शोपियां जिलों में मतदान होगा

राज्यपाल कल्याण सिंह ने उन्हें राजभवन में आयोजित समारोह में पद की शपथ दिलाई इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया राज्य सरकार के कई मंत्री न्यायिक अधिकारी मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग सहित कई लोग मौजूद रहे

ब्रंदी में जिला कलेक्टर रूक्मणि रियार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा सहयोगिनी अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों से अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सूचित करने को कहा है उन्होंने इन सभी से अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निगरानी रखने के निर्देश दिए है जैसलमेर जिले में भी बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन चेतना के वास्ते जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए

प्रतापगढ में भी जिला कलेक्टर ने बाल विवाहों पर रोक के लिये सभी से मिलजुलकर प्रयास करने को कहा है

इस अवसर पर गांव में खुशी की लहर दौड गई

वॉटर होल पद्वति से पूर्णिमा के दिन प्राकृतिक रोशनी के बीच वन्य जीवों की गणना का काम पूरा किया जायेगा इस बार वन विभाग ने गणना के तरीके में बदलाव करते हुए रेंज की बजाय बीट स्तर पर गणना करवाने का निर्णय लिया है इसके तहत बीट में उपलब्ध जलस्त्रोत को चिन्हित किया गया है

गणना को लेकर वन विभाग की टीम को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा

ऐसी सब्जियों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है

वन विभाग ने आज मृतक के परिजनों को चार लाख रूपये की सहायता राशि का चेक दिया बीकानेर के नौखा क्षेत्र के माडिया गांव के पास कार की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई सीकर से चूरू जा रही यात्री रेलगाडी के इंजन में आज सुबह आग लग गई

आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है

लीग चरण का आखिरी मैच आज रात मुम्बई इंडियंस और कोलकाता नाईटराईडर्स के बीच खेला जायेगा इस मैच से प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम तय होगी